कांगड़ा संसदीय सीट के वोटों की गिनती के लिये चंबा नूरपुर ज्वालामुखी धर्मशाला और पालमपुर में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं मंडी संसदीय क्षेत्र के मतों की गिनती केलंग कुल्ल मंडी सुंदरनगर जोगिंद्रनगर रामपुर और रिकांगपिओ में की जाएगी इसी तरह हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की मतगणना हमीरपुर ऊना और बिलासपुर जबकि शिमला सीट के वोटों की गिनती के लिये सोलन नाहन और धामी में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं मतदान प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने मतदान प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए मतदाताओं का आभार जताया है उन्होंने चुनाव ड्यूटी में तैनात सभी मतदान दलों सुरक्षा कर्मियों सहित अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की देवेश कुमार ने बताया कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों व खराब मौसम के बावजूद दुर्गम क्षेत्रों तक मतदान दलों ने पैदल पहुंचकर निर्वाचन आयोग के कोई मतदाता न छूटे के संकल्प को सफल बनाने में हर सम्भव प्रयास किए हैं

हालांकि कुछ चैनलों ने यह अनुमान भी व्यक्त किया है कि एनडीए बहुमत से कुछ पीछे रह सकता है मुख्यमंत्री इंधर भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने एग्जिट पोल सर्वेक्षण में एनडीए को मिल रहे भारी बहुमत पर प्रसन्नता जताई है एक ब्यान में उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने पिछले पांच वर्ष में हर वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की है जिनका परिणाम एग्जिट पोल के सर्वे में स्पष्ट दिखाई दे रहा है जयराम ठाक्र ने कहा कि पांच वर्ष का एनडीए कार्यकाल स्वर्णिम रहा है जो कांग्रेस पार्टी के करीब छः दशक के कार्यकाल पर भारी पडा है कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि राज्य में कांग्रेस चारों सीटें जीतने में कामयाब रहेगी एक ब्यान में उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारी मतदान पूर्व में भी सत्ता विरोधी दर्शाता रहा है और इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ मतदान सत्ता विरोधी ही साबित होगा राठौर ने भाजपा पर चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया

इन मशीनों को सीमा सुरक्षा बल के विशेष हेलिकॉप्टर के माध्यम से स्ट्रॉन्ग रूम में लाया गया जिला निर्वाचन अधिकारी अश्वनी कुमार चौधरी ने बताया कि मतगणनाकर्मियों के लिए कल केलंग में पूर्वाभ्यास करवाया जाएगा उधर जनजातीय क्षेत्र पांगी से भी ईवीएम मशीने आज चम्बा जिला मुख्यालय लाई गई

उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के लिए मतगणना कक्ष में दस दस टेबल स्थापित किए जाएंगे

संघर्ष समिति किसान संघर्ष समिति ने राज्य सरकार पर मंडियों में किसानों व बागवानों का शोषण रोकने के लिए उचित कदम न उठाने का आरोप लगाया है

कार्यशाला शिमला में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए तनाव प्रबंधन व दिनचर्या कार्यशाला आज शुरू हई विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नंदा ने कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर कहा कि ऐसे आयोजन कार्यक्शलता और कार्य क्षमता में निखार लाते हैं उन्होंने तनाव प्रबंधन में संगीत की अहम भूमिका की भी विस्तृत जानकारी दी